आज ग्रूग्राम के स्ल्तानप्र में होने वाली रैली की तैयारियों की जायज़ा लेने पहंचे म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे समर्पित करने के साथ फरीदाबाद में वल्लभगढ़ मेट्रो लाइन का उदघाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कल सोमवार से बल्लभगढ़ तक मेट्रो लाइन का उदघाटन करेंगे जिससे फरीदाबार और दिल्ली के लोगों को यात्रा करने में स्विधा प्राप्त होगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल देश के पहले विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविदयालय का शिलान्यास भी करेंगे ये विश्वविदयालय पलवल जिले के दुधौला गांव में स्थापित किया जा रहा है जिसका शिलानयास प्रधानमंत्री रिमोट के माध्यम से करेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में ये ऐसी रैली होगी जो पहले कभी नहीं हई होगी और न ही आगे होगी इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला विधायक उमेश अग्रवाल मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन और अमित आर्य ग्रूग्राम नगर निगम की मेयर श्रीमती मध् आज़ाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित थे लोकसभा का शीत कालीन सत्र अगले महीने की ग्यारह तारीख को प्रारंभ होकर आठ जनवरी तक चलेगा

आय्ष मंत्रालय आज देशभर में अपना पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहा है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में अन्संधान एक केन्द्रीय परिषद इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है आय्ष मंत्री श्रीपद येस्सो नाईक ने बतायाकि उनका मंत्रालय प्राकृतिक चिकित्सा से ईलाज को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की श्रूआत कर रहा है उन्होंने कहा कि प्णे गोवा दिल्ली हरियाणा कर्नाटक केरला और आंधप्रदेश में प्राकृतिक दवाखानों के निर्माण का कार्य पहले ही प्रगति पर है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवार पर आय्ष विभाग पलवल दवारा प्राकृतिक चिकित्सा पदवति पर सेमीनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर हर्बल औषधि प्रदर्शनी भी लगाई गई आय्ष विभाग के चिकित्सा अधिकारी डा मोहम्मद इरफान ने बताया कि लोगों को आहार के प्रति जागरूक करना है कि आहार ही औषधि है इसके साथ ही मिट्टी पानी ध्रप और हवा ही सभी रोगों की दवा है

इसके अलावा हवा व पानी को स्वच्छ रखे ताकि हम प्रदूषित न हो सकें म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार बाबा बहादुर द्वारा संघर्ष के दौरान बनाई गई राजधानी लोहगढ़ को उनके स्मारक के रूप में विकसित करने की परियोजना पर काम कर रही है ताकि हर वर्ष उस स्थान पर वार्षिकदीवान आयोजित किये जा सके

इस परियोजना के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि खोज करने के बाद ही उपरोक्त स्थानों को चिन्हित किया गया है

इनमें बिजली पानी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति गंदे पानी की निकासी सड़कों का निर्माण स्कूलों का अपग्रेडशन करनाख् महाविद्यालय और और विश्वविद्यालय की स्थापना सहित नए प्लों का निर्माण शामिल है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बहत जल्द बाइपास को छ मार्गी बना राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के लिए कनैकटिविटी श्रू हो जायेगा जिससे फरीदाबार का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा हरियाणा के प्लिस महानिदेशक बी एस संधू ने कहा है कि साढ़े सात हजार प्लिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया अगले मांह श्रू हो जायेगी

साथ ही केएमपी और केजीपी एक्स प्रेस वे जैसे स्थानों पर प्लिस स्टेशन खोलने की अधिसूचना बनाई जारी जा रही है और जल्द ही इसके बाद वहां प्लिस स्टेशन बनाए जायेंगे श्री संध् ने बताया कि सीआईए प्लिस स्टेशन हरियाणा प्लिस आवास द्वारा डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से निर्मित कियागया है उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रदेश में महिलाओं की स्रक्षा प्लिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आमजन एंव सामाजिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को महिलाओं के विरूदव बढ़ते हए अपराधों और अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ आगे आना चाहिए भिवानी के हडा सेट्रल पार्क के सामने मैदान में राहगिरी का आयोजन किया गया कार्यक्रम में लोग मध्र गीतों व अभ्यास से तनाव मुक्त हए छोटे बच्चे व कलाकारों ने अपनी प्रस्तुती से लोगों में देशभक्ति का भी जज्ब्बा भरा कार्यक्रम में नन्ही बच्ची रूवाहिश ने कविता के माध्यम से हमेशा ख्श रहने का संदेश दिया उन्होंने मां के प्रेम पर आधारित अपनी कविता प्रस्त्ती भी दी

झज्जर शहर के राव मंगली राम पार्क के साथ लगती सड़क पर राहगिरी कार्यक्रम के तहत नई उमंग व ऊर्जा के साथ यूवा प्रतिभावान छात्र छात्राओं व कलाकारों ने मंच सांझा किया इस राहगिरी कार्यक्रम में बच्चों से लेकर ब्ज़र्गो व महिलाओं ने विभिन्न खेल स्पधाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमो में बढ़चढ़ कर भाग लिया राहगिरी कार्यक्रम में अतिरिक्त उपाय्क्त स्शील सारवान ने एस डी एम झज्जर विजय सिंह व नगराधीश अश्विनी कुमार के साथ स्वयं भागीदारी बनते हुए उपस्थित य्वाओं को प्रोत्साहित किया विशेषकर प्रचार अभियान के अंतर्गत आज सोनीपत जिले के मलिकप्र तथा ताजप्र गांवों में रागिणी कार्यक्रमों की प्रस्ततियां देते हुए ग्रामीण को सरकार की लोक हितकारी नीतियों की जानकारी दी गई योजनाओं की जानकारी देते हए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया ताकि इन योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाये

यम्नानगर जिले के बिलासप्र में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय कपाल मोचन धार्मिक मेला शाही स्नान के साथ कल श्रू हो जायेगा प्रशासन ने मेला को चार भागों में बांटा है